ग्रीन जाम में कल स बसों क संचालन पर विचार

उधर जबलप्र में शनिवार का दस व्यक्तियों का कारामा पॉजिपिव पाया गया है

श्याप्र में कलक्ष्य नाकल पॉजिशिव मरीज का गांव का दौरा कर कं ङ में जाम स्थापित करन क निर्देश दिए

साथ ही बताएंग कि वर्तमान लॉकडाउन में उन्होंन कप्स अपन घरपरिवार का विद्यार्थी बच्चों का अन्भवों की सीख प्रदान की या उन्हें शक्षिक प्राप्साहन प्रदान किया

दिल्ली की जामा मस्जिद का शाही इमाम सद्यद अहमद ब्खारी ना कहा कि कल चांद द्या जान की काई सूचना नहीं ह रमज़ान का महीना ज समाप्त हागा शाही इमाम न ल गों स नमाज़ अदा करन क लिए मस्जिदों में नहीं न की अपील की हा

अन्य कई उलम्माओं न भी नमाज़ घर पर ही पढ़न की अपील की हम शाही इमाम न ल गों स एहतियाती उपाय बरतन और स्रक्षित दूरी बनाए रखन क नियमों का पालन करन क कहा उन्होंन कहा कि ल मों क हाथ मिलान और गल मिलन स बचना चाहिए इधर उज्जव्व शहर काजी खलिर्क्रहमान न भी कहा ह कि ईद कल मनाई जाएगी